महानंदा और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटिहार जिले के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी

सबसे अधिक मधुबनी जिले के सौलीघाट में एक सौ चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी

और विधान परिषद् के नौ सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

अधिकतर नदियां या तो खतरे के निशान को पार कर गयी हैं या लाल निशान के आसपास बनी हुई हैं महानंदा नदी के जलस्तर में सबसे अधिक वृद्धि देखी जा रही है नदी का जलस्तर पूर्णिया जिले के ढ़ेंगराघाट में लाल निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से चौंसठ सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में खतरे के निशान के करीब एक मीटर ऊपर बह रही है वहीं इस नदी का जलस्तर ढेंग में खतरे से निशान के चालीस सेंटीमीटर ऊपर हो गया है पुपरी में अधवारा समूह नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि महानंदा और सुधानी नदी में आये उफान से बलरामपुर प्रखंड के शरीफनगर किरोड़ा कमरा ओर लुतिपुर पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है इधर बलरामपुर बाजार को तेलता प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क और सोनैली को कदवा प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पानी में डूब गयी है जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गयी है जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मनिहारी प्रखंड के धुरियाही बिलारपुर बाघमारा बघार उत्तरी और दक्षिणी कांटाकोष सहित कई पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है इधर कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर और जयनगर में खतरे के निशान को पार कर गया है इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तटबंधों पर सतर्कता बढ़ा दी है जल संसाधन विभाग के ईंजीनियर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है दरभंगा जिला प्रशासन ने बाढ़ के समय बचाव और राहत कार्य के लिए ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया है आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को इसकी मंजूरी दे दी है नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण जिले में तेजी से बढ़ा है वहीं वाल्मीकिनगर गंडक बराज से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले में नदी के किनारे बसे कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है वहीं गंडक के सहायक नदियां पंडई हड़बोड़ा और सिकरहना में भी जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद जिला प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून पूरे राज्य में संक्रिय है सबसे अधिक मध्रबनी जिले के सौलीघाट में एक सौ चालीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी है वहीं दरभंगा मुजफ्फरपुर वैशाली पश्चिम चंपारण सुपौल खगड़िया बेगूसराय पूर्णिया और कटिहार जिले में भी कई स्थानों पर अत्याधिक बारिश रिकॉर्ड की गयी है रेवाघाट वैशाली और त्रिवेणीगंज में एक सौ बीस मिलीमीटर जबकि निर्मली में एक सौ दस और भीमनगर में सौ मिलीमीटर बारिश हुई है इन जिलों में ज्यादातर स्थानों पर अस्सी से नब्बे मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है तीन जुलाई तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है

लोगों को अनावश्यक रूप से खुले में न जाने की सलाह दी गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी के दो सौ बयासी नये मामलों की पुष्टि हुई है जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर नौ हजार पांच सौ छह हो गयी है सबसे अधिक पटना जिले में छियालीस लोगों में महमारी की पुष्टि हुई है जबकि पूर्वी चंपारण मे बत्तीस और पश्चिम चंपारण में बाईस मामले सामने आये हैं वहीं नवादा में उन्नीस दरभंगा में सत्रह मुजफ्फरपुर और कटिहार में सोलह सोलह जबकि शिवहर जिले में दस नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार औरंगाबाद मधेपुरा बेगूसराय सहरसा सिवान मुंगेर गया कैमूर मधुबनी और सारण जिले में भी लोग पॉजिटिव पाये गये हैं आज जारी बुलेटिन में राज्य के उनतीस जिलों से नये मामलों की पुष्टि हुई है जिसमें बहत्तर महिलाएं हैं राज्य सरकार ने कहा है कि कुल संक्रमित लोगों में से सतहत्तर दशमलव छह दो प्रतिशत लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में अब तक इस महामारी से तिरेसठ लोगों की मृत्यु हुई है इधर पटना में संक्रमण के अधिक मामले सामने आने के बाद राज्य से सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड को कल से दो जुलाई तक बंद करने के निर्देश दिये गये हैं इधर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी बुलेटिन के अनुसार देश भर में पांच लाख अड़तालीस हजार लोग संक्रमित हुए हैं जबकि सोलह हजार चार सौ पचहत्तर लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेन्द्र सैनी ने कहा है कि साबून पानी से अच्छी तरह से हाथ धोने से कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है

ऐसे लक्षण उभरने पर लोगों को सतर्कता बरतते हुए चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव और ई सी आर के महाप्रबंधक के बीच इस संबंध में हुई बैठक में फैसला किया गया कि बोर्ड इस योजना के लिए अलग से धनराशि आवंटित करेगा गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से करीब पैंतीस लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं रेलवे इन्हें विनिर्माण और आधारभूत संरचना के विकास के कार्यों में रोजगार उपलब्ध करायेगा भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीवन रेखा साबित हुई है रेलगाड़ियां विमानों के बाद राज्यों के बीच सामान परिवहन का सबसे तेज माध्यम बनी हुई हैं रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक आर डी बाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेलवे ने अपने हजारों डिब्बे कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदल दिए हैं

उसके पश्चात कोविड केयर कोचेस को बढ़ाने का निर्णय किया

इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने बड़े स्तर पर मास्क सैनिटाइजर पीपीई का प्रोडक्शन किया हमारे वर्कशॉप में पीपीई बनाए जा रहे हैं और विभिन्न रेलवे अस्पतालों और जगहों पर इसकी सप्लाई की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार किए हैं जिन्हें दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है ये ऑक्सीजन यूनिट पुणे की सी एस आई आर राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में तैयार किया गया है डॉ हर्षवर्धन ने ट्वीटर पर कहा कि इस यूनिट की महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती उन्होंने कहा कि यह कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है

आज नाम वापसी का अंतिम दिन था सबसे अधिक जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के तीन तीन उम्मीदवार चुने गये हैं वहीं भाजपा के दो और कांग्रेस का एक प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया जदयू से गुलाम गौस कुमुद वर्मा भीष्म सहनी जबकि राष्ट्रीय जनता दल से सुनील सिंह रामबली सिंह और मोहम्मद फारूख निर्वाचित घोषित हुए हैं भाजपा के दो प्रत्याशी संजय मयूख और सम्राट चौधरी तथा कांग्रेस के एक मात्र प्रत्याशी समीर कुमार सिंह को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा गया फसलों को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों के प्रकोप को लेकर पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण मुजफ्फरपुर भोजपुर पटना जहानाबाद नालान्दा और नवादा जिला को हाई अलर्ट पर रखा गया है कल टिड्डियों के समूहों को पटना और जहानाबाद के विभिन्न प्रखंडों में देखा गया था राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप से अब तक फसलों को नुकसान की खबर नहीं है श्री कुमार ने कहा कि कृषि विभाग जिला प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग के समन्वित प्रयास और कीटनाशकों के छिड़काव से प्रभावी तरीके से टिड़ियों के प्रकोप पर अंकुश लगाया गया है इधर कृषि विभाग ने कहा है कि पिछले दो दिनों से पश्चिम चंपारण जिले और आसपास के क्षेत्रों में देखे जा रहे टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की ओर चला गया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं का परिणाम पन्द्रह जुलाई को घोषित करेगा सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि आकलन योजना के आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दिया जा रहा है हाल ही में सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी ये परीक्षाएं पहली से पन्द्रह ज़ुलाई तक आयोजित की जानी थी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने कहा है कि सबका विश्वास योजना दो हजार उन्नीस के अंतर्गत देय राशि के भुगतान की कल अंतिम तिथि है सीबीआईसी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक लाख नब्बे हजार घोषणाओं के तहत नब्बे हजार करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं एक लाख पन्द्रह हजार पात्र उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं

कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की मूल्य में बढ़ोतरी के विरोध में आज पटना में जुलूस निकाला इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने किया वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी इसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया पूर्वी चंपारण जिले में अज्ञात अपराधियों ने सीपीआई नेता विंदेश्वरी गिरि की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि पटखैलिया टोला के पास मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया शेखपुरा जिले के सदर अस्पताल को बेहतरीन सुविधाओं के चलते केन्द्र सरकार ने कायाकल्प अवार्ड के लिए चुना है केन्द्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत अगले तीन वर्षो के लिए अस्पताल को बीस लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी

महानंदा और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटिहार जिले के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी

सबसे अधिक मध्रबनी जिले के सौलीघाट में एक सौ चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी